मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों से संकट की इस घड़ी में मदद के लिए आगे आने को कहा प्रदेशभर में आज से चैत्र नवरात्र और नवसंवत्सर की हुई शुरूआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम सम्बोधन में इसकी घोषणा की थी

उन्होंने कहा कि यह एक तरह से जनता कर्फ्यू की ही तरह होगा लेकिन इसमें पूरी सख्ती बरती जाएगी श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र तरीका सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से मिलते समय करीब एक मीटर की दूरी बनाए रखना है और इस नियम का पालन करना बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इसमें कोताही बरती गई तो देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है

प्रधानमंत्री ने दूनिया के अनेक देशों के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं वाले देशों को भी कोरोना से निपटने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में हमें उनके अनुभवों से फायदा उठाते हुए अपनी पूरी तैयारी करनी होगी उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने जिस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया है वह हमारे लिए एक मिसाल होगी

आइसोलेशन बेड आईसीयू बेड और प्रयोगशालाएं बढ़ाई जाएगी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा

मंत्रालय ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम भी लागू किया है जिसके उल्लंघन पर दो वर्ष जेल की सजा हो सकती है निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यालय इसके स्वायत्त कार्यालय और सार्वजनिक निगम राज्य और केन्द्रशासित सरकारों के कार्यालय स्वायत्त संस्थाए बंद रहेंगी वाणिज्यिक और निजी संस्थान भी बंद रहेंगे लेकिन उचित दर की दुकानें और खाद्य किराना फल सब्जी डेयरी और दूध मांस मछली और पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी जिला प्राधिकारी लोगों की घरों के बाहर आवाजाही कम करने के लिए होम डिलिवरी सुविधा को प्रोत्साहन देंगे इसके अलावा बैंक बीमा कार्यालय एटीएम प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया भी खूले रहेंगे दूरसंचार इन्टरनेट सुविधाएं भोजन सहित जरूरी वस्तुओं की डिलिवरी फार्मास्यूटिकल ई कॉमर्स के जरिए चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अस्पताल और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उत्पादन तथा वितरण इकाईयों सहित इससे जुड़े सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान खूले रहेगें

हवाई रेल और सड़क परिवहन जैसी सेवाएं बंद रहेगी लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाले वाहन जैसे अग्निशमन गाड़ियां कानून व्यवस्था और आपात सेवाओं के वाहनों को आने जाने दिया जाएगा

दिशा निर्देशों में बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को पूरी तरह लागू करने की निगरानी करने के लिए घटना कमाण्डर के रूप में अधिशाषी मजिस्ट्रेट तैनात करेगें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि प्रदेश में लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराया जाए कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से श्री गहलोत ने कहा कि निजी वाहनों की आवाजाही को रोका जाए बेवजह वाहन लेकर निकलने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए उन्होंने कहा कि लोगों को घरों में रखना ही हमारी एकमात्र प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि संकट की इस घड़ी में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है वे राजनैतिक सोच से उपर उठकर लोगों की मदद के लिए आगे आए उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करें कि एक भी इंसान भूखा नहीं सोए

भीलवाड़ा जिले को सरकार ने पहली प्राथमिकता पर रखते हुए वहां संकमण फैलने से रोकने के पूरे इंतजाम किए हैं

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि तैयार और पके पकाए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जहां तक संभव हो होम डिलिवरी की सुविधा प्रदान की जाए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मुख्य सचिवों को लॉकडाउन के उपायों की जानकारी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

घरों में माँ दूर्गा की आराधना की जा रही है और घट स्थापना हो रही है

राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चैत्र नवरात्र नवसंवत्सर और चेटीचण्ड पर लोगों से आग्रह किया है कि वे नवरात्र पर संयम बनाए रखें और कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में अपने घरों में ही आराधना करें और कोरोना से लड़ने में सरकार का सहयोग करें